मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियाजनाओं की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है बाइट आज गरीबों के लिए मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूं ये छरू प्रोजेक्टश वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तेम्म की तरह हैं ये छः लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कन्सट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोपरेटिव फेडरिजन की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि जनकल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि राष्ट्र हमारे विकास के पथ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार यह समझती है कि देश के चहुंमुखी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है बाइट ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है हमें इसके पीछे जो बड़े वीजन को भी समझना होगा एक समय में आवास योजनाएं केन्द्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए सरकार घर निर्माण की बारीकियों हर क्वालिटी पर नहीं जाती थी लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है एक अलग मार्ग अपनाया है

उन्होंने कहा कि आज शुरू की जा रही छह लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रक्रियाओं से बनाई जाएंगी उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कम समय में सम्पन्न होंगी बल्कि गरीबों के लिए ज्यादा किफायती और आरामदायक सिद्ध होंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानों का निर्माण चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो और केन्द्र सरकार शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है केन्द्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियलटी क्षेत्र की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मील का पत्थर बताया है बाइट इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर पूरी सावधानी बरती जाये

उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उन देशों से प्रदेश में आने वाले लोगों की सूची तैयार कर उन्हें ढूंढा जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के लिये जनपद स्तर पर की जा रही व्यवस्थाआं की गहन मानीटरिंग के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद सतर्कता बरतनी जरूरी होगी

मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित किये गये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को प्री तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिये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

इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था आज पहली जनवरी से प्री तरह समाप्त करने की घोषणा की थी

टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा प्रदेश में नव वर्ष के पहले दिन आज लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नये वर्ष के आयोजनों के लिये पहले ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल से आज राजभवन में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों ने भेंट कर नये साल की बधाईयों का आदान प्रदान किया इससे पूर्व राज्यपाल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट कर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने कहा कि बीते वर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है

राज्यपाल ने सभी लोगों से नये साल पर जल अन्न और ऊर्जा की बचत तथा स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया उत्तरी भारत सहित प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में हैं तापमान के सामान्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से लोगों की सामान्य दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है कई स्थानों पर कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते सड़क द्र्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है पिछले चौबीस घटों के दौरान नजीबाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं मुजफ्फरनगर में तीन दशमलव दो कानपुर में तीन दशमलव तीन फतेहगढ़ फर्र्रखाबाद में तीन दशमलव नौ फुर्सतगंज रायबरेली में तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान तीन और आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रहा वहीं अधिकतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सुबह और शाम कई स्थानों पर घने से अधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की संभावना जताई है

केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी अब चार मई से प्रारंभ हो जायेगी

उन्होंने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है

वक्त भी हमारे पास है और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में तीस प्रतिशत पाठ्यक्रम को अपना कम किया है हम लगातार आपके साथ संवाद में हैं